वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा की

इनमें चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीसफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी

इस कदम से बड़ी संख्या में पेंशन पाले वालीं विधवाएं दिव्यांगजन स्व सहायता समृह से जुडी महिलाएं और उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही महिलाएं मी शामिल हैं वित्तमंत्री ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की घोषणा की वरिष्ठ नागरिकों विघवाओं और दिव्यांगजनों को अगलें तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है सरकार ने यह भी कहा है कि देश में वायरस संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसकी वृद्धि दर में स्थिरता आने लगी है

उन्होंने कहा कि चौंसठ हजार से अधिक लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है मंत्रिमंडलसचिव ने मुख्य सचिवों से आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के संतावन लाख राशन कार्ड धारियों को समय पर अनाज देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है इनमें नौ लाख अंत्योदय परिवार भी शामिल हैं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का खाद्यान्न राज्य के बाहर ना जाए इसकी व्यवस्था अधिकारी करें समी जिला उपायुक्तों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में राशन कार्ड धारियों को निशल्क अनाज उपलब्ध कराएगी अभी एक रुपये में अनाज दिया जाता है आपदा प्रबंधन विभाग ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए तेईस टीमें गठित की है ये टीमें चौबीस घंटे स्थिति पर नजर रख रही हैं राजधानी रांची में अठारह टीमें तैनात की गई हैं वहीं पांच टीम देवघर में हैं विभाग ने पांच सदस्य कोर गृप भी बनाया है वहीं दूसरी तरफ विमाग ने किराना दुकानों को बिना किसी ठोस कारण के बंद नहीं करने का निर्देश भी जारी किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए झारखंड को प्रभार दिया है इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से श्री नकवी को पत्र भेजा गया है

खूंटी जिले में चौबीस घंटे हाई अलर्ट घोषित किया गया है इसके साथ ही मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को तैनात किया गया है वहीं तोरपा में लोगों की सुविधा के लिए एनएचपीसी मैदान में सुबह आठ बजे से ग्यारह बजे तक रसोई गैस सिलेंडर वितरण की व्यवस्था की गई है वहीं दूसरी तरफ रनिया प्रखंड में अन्य राज्यों से लौटे डेढ़ सौ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच करायी गई रनिया के बीडीओ ने लोगों की सुविधा के लिए खाद्यान्न की होम डिलीवरी करने को इच्छुक व्यक्तियों को प्रखंड कार्यालय से संपर्क करने को कहा है सैनिटाइजर की कमी झेल रहे गिरिडीह के लिए एक अच्छी खबर है झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी की बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा की रहने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सैनिटाइजर बना लिया है गिरिडीह के डीसी राहल क्मार सिन्हा ने बताया कि अभी दो हजार सैनिटाइजर का निर्माण किया गया है

हजारीबाग जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर के तीन अस्पतालों को क्वॉरेंटाइन सेंटर के रूप संचालित करने का निर्णय लिया है इन अस्पतालों में एचजेडबी आरोग्यम अस्पताल हजारीबाग डेंटल व कॉलेज अस्पताल तथा पगमिल स्थित लाइफ केयर अस्पताल शामिल हैं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को तत्काल सभी मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया गया है इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के एके इंटरनेशनल होटल श्री विनायक होटल कैनरी इन होटल उपकार होटल मनोकामना होटल तथा आर्यन बिहार होटल को कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के क्वॉरेंटाइन करने के लिए जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाए जाने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने सभी घरेलू गैस वितरक एजेंसियों से उपभोक्ताओं को गैस घर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं किए जाने पर एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी राजधानी रांची में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र के दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई ये दोनों युवक बाईस मार्च को दिल्ली से रांची आए थे जिला प्रशासन ने दोनों को होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया था इसके बावजूद ये दोनों लोग घर से बाहर निकल रहे थे